विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की सराहना

मलेरिया विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मलेरिया को नियंत्रित करने के मामले में भारत ने उल्लेखनीय कार्य किया है

सरकार जीएसटी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि वस्तु और सेवा कर जीएसटी की कर वसूली लगातार दूसरे महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रही है

देश में पिछले तीन महीनों से जीएसटी की वसूली में निरंतर बढ़ोतरी इस बात का संकेत है कि कोरोना महामारी और उससे लड़ने के लिए किए गए लॉकडाउन के बाद देश में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है

पेट्रोलियम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा है कि भारत कच्चे तेल के उचित और उत्तरदायी मूल्य निर्धारण का पक्षधर है आत्मरनिर्भर भारत पर आज आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए उन्होंरने कहा कि एकाधिकार के जमाने लद गये हैं और अब उत्पादकों को उपभोक्ताओं के द्र ष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा

केन्द्र पेरिस समझौता केन्द्र सरकार ने पेरिस समझौते के कार्यान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालयीन समिति का गठन किया है जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण सचिव करेंगे इस समिति का उद्देश्य जलवायू परिवर्तन के मामलों पर देश की समन्वित कार्ययोजना तैयार करना है ताकि भारत पेरिस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की दिशा में ठीक से आगे बढ़े चौदह मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी इस समिति के सदस्य होंगे अगले साल से पेरिस समझौते के कार्यान्वयन की शुरुआत होगी समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि भारत अपने जलवायु संबंधी फैसलों को पेरिस समझौते के अनुरूप बनाये रखे किसान आंदोलन कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए हमेशा वचनबद्ध है और उनके कल्याण के मुद्दों पर बातचीत के रास्ते सदैव खुले हैं कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की बैठक के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन स्थगित करने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की है इस दौरान कृषि कानूनों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई बैठक में मंत्रियों ने दोहराया कि कृषि सुधार कानूनों से देश के कृषकों को बहुत अधिक लाभ होगा कृषि मंत्री ने कहा कि किसान संगठनों से कल नई दिल्ली में फिर से चर्चा होगी

प्रार्थना सभा में दिवंगत गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की जायेगी और उनकी स्मृति में दो मिनिट का मौन भी रखा जाएगा श्रद्धांजलि सभा में कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के भी निर्देश दिये गये हैं जानना जरूरी है हमारी श्रृंखला जानना जरूरी है के तहत हम कृषि विधेयक के संबंध में फैलाए जा रहे भ्रम और उसकी सच्चाई से रू ब रू करा रहे हैं देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं

प्रत्येक जिला मुख्यालय पर करीब दो सौ हितग्राही मुख्यमंत्री श्री चौहान के साथ चर्चा में शामिल होंगे

पहली बार भारतीय बल्लेबाजों ने आस्ट्रेलियाई गेंदबाजी का माकूल जवाब दिया

मौसम उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज सर्दी पड़ने लगी है आगामी हफ्तों में पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना को देखते हुए ठंड और भी बढ़ सकती है

मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में उतार चढ़ाव आता रहेगा

सभी संभागों में तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ सबसे कम न्यूनतम तापमान उमरिया और नौगांव में दर्ज किया गया

इस बूलेटिन के अंत मे एक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दो गज की दूरी हाथ धोना भी है जरूरी नमस्कार